उनके होशंगाबाद सतना रीवा डिंडोरी और जबलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं श्री शाह कल सतना में कमल शक्ति सम्मेलन के आयोजन में शामिल होंगे

मतदान जागरूकता प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है प्रचार प्रसार के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीप पार्टनर बनाया है आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा वे प्रमुख स्थानों पर ऐसे फ्लेक्स प्रदर्शित करें जिसमें ईवीएम और वीवीपैट द्वारा मतदान प्रक्रिया सपन्न कराने का चित्रण हो डिडौरी के मेकलसुता महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक वाद विवाद रंगौली पेटिंग मानवश्रखंला मिनी मैराथन निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को मतदान के लिये जागरूक किया गया शिवपुरी जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एमवैकेया नायड् ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक जड़ो को मजबूत करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्भित सौंध के उद्घाटन अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर ऐसा कर सकती है उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों ने न्याय शास्त्र के लिये नई चुनौतियां पैदा की है न्यायालयों ने साइबर अपराधों के खतरे को महसूस किया है और इनसे निपटने के लिये अपने को तैयार किया है बडी संख्या में लंबित मामलों का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालतों ग्राम न्यायालयों और त्वरित न्यायालयों जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये रेरा मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्यूलरेटी एक्ट रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डिसा ने कहा है कि रेरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है चेन्नई में हुई क्षेत्रीय कांफ्रेस में शुक्रवार को डिसा ने कहा कि रेरा सभी के लिये जरूरी है रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में आवंटियों एजेंटों बिल्डर्स का सक्रिय सहयोग जरूरी है उन्होंने रेरा एक्ट के प्रति अनुकूल माहौल बनाने के साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रेरा प्राधिकरण को अपनी पहुंच और उपस्थिति के प्रदर्शन को जरूरी बताया युथ कैंप शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय और अरविन्दो सोसायटी की ओर से आज भोपाल में यूथ कैंप का आयोजन किया गया शिविर में यूवाओं के जीवन के लक्ष्य की खोज स्व विकास मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति में सामजंस्य नकारात्मकता से उबरने एकाग्रता बनाये रखने और अपना दृष्टिकोण और अपने सपने हासिल करने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया सेवा समाप्त छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत चंद्रनगर में सीसी रोड़ के नाम पर नौ लाख रूपये के गबन की शिकायत पर रोजगार सहायक शिवम गुप्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गयी है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि रोजगार सहायक ने पंचायत के खाते से लगभग नौ लाख की राशि गबन कर दी थी मंजूरी रोक राज्य विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना में नई मंजूरियों पर रोक लगा दी गयी है इस संबंध के आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी कर दिये है विकास आयुक्त इकबाल सिंह बैस ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कहा कि जिन हितग्राहियों ने स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ कर दिये है उन्हें किश्ते जारी की जा सकेंगी लेकिन नये आवास मंजूर नहीं किये जाएंगे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी

निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता और लोकशांति बनाये रखने के लिये यह निर्देश दिये है मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराया गया है और पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है

उन्हें देश भर के लोगों ने याद किया उनकी समाधि स्थल खंडवा में श्रद्दांजलि देने के लिये सुबह से लोगों का तांता लगा रहा यहां एक विशेष कार्यकम का आयोजन किया गया किशोर प्रेमियों द्वारा एक शाम किशोर के नाम का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर गायक आभास जोशी गीतों की प्रस्तुति देंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अन्नपूर्णा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है आरपीएफ रेल सुरक्षा बल देश में बनने वाली मेट्रो परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने इसके लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को हाल ही में एक पत्र लिखा है आरपीएफ महानिदेशक ने लिखा है कि देश के विभिन्न शहरों में बन रही मेट्रो परियोजनाओं के पूरा होने पर सुरक्षा का दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बजाए उसे दिया जाना चाहिए सीआईएसएफ मेट्रो ट्रेन परियोजना की सुरक्षा के लिए निगम से प्रति कॉन्स्टेबल एक लाख चौरासी हजार रुपए का शुल्क लेती है जबकि आरपीएफ प्रति कॉन्स्टेबल केवल अठहतर हजार रुपए का शुल्क लेती है मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने दो दिवसीय प्रवास पर आज बैतूल पहुंचे श्री भागवत स्थानीय भारत भारती आवासीय विद्यालय में देश भर से प्रशिक्षण के लिए जुटे मास्टर ट्रेनर्स को मार्गदर्शन देंगे वे कल नागपुर के लिए रवाना होंगे डेंगू उपचार डेंगू और मलेरिया बीमारी की रोकथाम और समुचित इलाज व्यवस्था बनाये रखने के लिए अशोक नगर जिला कलेक्टर ने आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे डेंगू से बचाव के उपाय लोगों को बताएं कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि मलेरिया दलों द्वारा नियमित रूप से डोर दू डोर जाकर लार्वा का सर्वे किया जाए और उन्हें नष्ट करने का काम अभियान बनाकर चलाया जाए मौसम चकवाती तूफान तितली पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ गया है

वहीं तितली के प्रभाव के चलते राजधानी में दिन और रात के तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिन तापमान सामान्य या उसके आसपास रहने की संभावना है

अब तक जिले में एक हजार टन खाद का भंडारण हो चुका है